उन्होंने वैज्ञानिकों से टीके के बारे में जानकारी हासिल की प्रधानमंत्री ने कम्पनी के वैज्ञानिकों के साथ बैठक की और टीका विकास प्रक्रिया परीक्षण और इसके समय के बारे में समीक्षा की हमारे संवाददाता ने बताया है कि जायडस काडिला फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी अपने दूसरे चरण के परीक्षण के नतीजे अगले सप्ताह प्रस्तुत कर सकती है दिसम्बर में यह तीसरे चरण के क्लीनिकल परीक्षणों के लिए आवेदन करेगी कम्पनी को आशा है कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले वर्ष मार्च तक यह टीका बन जायेगा प्रधानमंत्री आज प्रणे और हैदराबाद भी जाएंगे और कोरोना वैक्सीन की प्रगति की समीक्षा करेंगे

कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना के नये मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है राज्य में संक्रमितों की कल संख्या दो लाख के पार पहंच गई है

शिवपुरी जिले में कोरोना से बचाव के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया गया है यहां आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता सहायिका किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं ने कोरोना के प्रति सावधानी बरतने मास्क लगाने सोशल डिस्टेंस का पालन करने की शपथ ली

झाबुआ में कलेक्टर रोहित सिंह ने अन्य विभागों के अधिकारियों की एक बैठक में कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता रखी जाए

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा मौसम मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह भोपाल इंदौर उज्जैन देवास होशंगाबाद जबलपुर सतना रीवा खजुराहो ग्वालियर गुना समेत समूचे मध्य प्रदेश में मौसम पूरी तरह से शुष्क और साफ रहने की संभावना है सुबह और रात में धूंध या कहासा दिखाई दे सकता है लेकिन दिन में खिली धूप के चलते मौसम बेहद खुशनुमा होगा वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि पश्चिमी जिलों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट होगी

इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की

आग से टैंपो ट्रेवलर में फंसे तीन लोगों की जलने से मौत हो गई